मुख्य सचिव अनिल खाची ने इस संबंध में प्रशासनिक सचिवों सभी जिला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और विभागाध्यक्षों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं इसके तहत आज से राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थान काम करेंगे और कृषि व बागवानी से संबंधित गतिविधियां भी जारी रहेंगी साथ ही मोबाइल सहित अन्य आईटी रिपेयर से संबंधित दुकानें सप्ताह में दो बार खुलेंगी जिनके खुलने की अवधि स्थानीय प्रशासन तय करेगा आदेशों में कहा गया है कि सभी सरकारी और निजी वाहन कर्फ्यू पास व परमिट पर ही चलेंगे व सरकारी वाहनों में चालक के अलावा तीन लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी इसमें यह भी साफ किया गया है कि स्थानीय श्रमिकों से ही उत्पादन करना होगा और कामगारों की बाहरी राज्यों से आने की कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए उल्लेखनीय है कि यदि इन क्षेत्रों में कोरोना के मामले आते हैं तो वहां इन रियायतों को तुरंत वापिस ले लिया जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक़्र ने कल मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोंधित किया उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से आम जनता को जागरूक करने का भी आग्रह किया ताकि इस वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोका जा सके कोरोना अपडेट प्रदेश में बीते कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है

वहीं ऊना जिले की गगरेट खंड के तहत आने वाली ग्राम पंचायत रामनगर के कमाली गांव व अंब विकास खंड की ग्राम पंचायतें कुठेड़ा खैरला लडोली राजपुर जसवां व कटौहड़ खुर्द के साथ साथ बंगाणा उपमंडल की चौकी मन्यार पंचायतों में कफ्यू पहले की तरह जारी रहेगा रैपिड टेस्ट कांगड़ा जिले के प्रवेश द्वारों पर कोरोना संक्रमण की जांच आज से रैपिड टेस्ट के माध्यम से शुरू हो रही है

हमारे धर्मशाला संवाददाता संदीप कुमार ने बताया कि इससे दूसरे राज्यों से जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहन चालकों और सहायकों की जांच की जाएगी

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना रहित जिलों में रियायत देने की खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में आज से कुछेक क्षेत्रों में ही मिलेगी ढील दिव्य हिमाचल का शीर्षक है आज से खेतीबाड़ी दिहाड़ीदारों को छूट हिमाचल में निर्माण कार्यों की सशर्त मिलेगी छूट

दैनिक भास्कर ने लिखा है आज से कुछ एरिया में शुरू होंगी इंडस्ट्री अन्य राज्यों से प्रदेश के अन्दर एंट्री तीन मई के बाद ही मुख्यमंत्री के बयान को दैनिक ट्रिब्यून ने शीर्षक दिया है लोगों को जागरूक कर बचायें वायरस से दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है मुख्यमंत्री जयराम का कार्यकर्त्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का आहवान आपका फैसला के शब्द हैं नियमों का सख्ती से करें पालन हिमाचल दस्तक के मुताबिक लॉकडाउन में ढील का अर्थ फ्री मूवमेंट नहीं स्वेच्छा से स्कूल कर सकते हैं फीस माफ सरकार नहीं डालेगी दबाव पंजाब केसरी की एक खबर है कांग्रेस के बयान को अमर उजाला ने सुर्खी दी है बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लाए सरकार डीजीपी के आहवान को आपका फैसला ने लिखा है अगर हो सके तो डिजिटल पेमेंट का ही करें प्रयोग